और राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री की आज पहली रैली छपरा में होगी उसके बाद श्री मोदी समस्तीपुर और मोतिहारी में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री की चूनावी रैली आज बगहा में दोपरह तीन बजे से होगी समस्तीपुर और बगहा की चुनावी सभा में जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिये आज शाम पांच बजे प्रचार थम जायेगा इस चरण में सत्रह जिलों के चौरानवे निर्वाचन क्षेत्रों में तीन नवम्बर को मतदान होगा चुनाव आयोग ने मतदान के लिये सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली है इस चरण में एक हजार चार सौ तिरसठ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा इन प्रत्याशियों में एक हजार तीन सौ सोलह पुरूष एक सौ छियालीस महिला और एक ट्रांसजेंडर हैं सबसे अधिक सत्ताईस प्रत्याशी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से और सबसे कम दरौली विधानसभा क्षेत्र से चार प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं इस चरण के तहत इकतालीस हजार तीन सौ बासठ पोलिंग बूथ बनाये गये हैं जहां दो करोड़ पचासी लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे दूसरे चरण में तीन नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है इस चरण में राज्य के पांच मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा जिनमें भाजपा के दो मंत्री पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से नंदकिशोर यादव और मधुबन से राणा रणधीर सिंह तथा जदयू के तीन मंत्री नालंदा से श्रवण कुमार कल्याणपुर से महेश्वर हजारी और हथुआ से राम सेवक सिंह चुनावी मैदान में हैं वहीं राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी मतदाता इसी चरण में करेंगे इसके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में लालू प्रसाद के समधी चन्द्रीका राय शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा शरद यादव की पुत्री सुहाषिनी यादव पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार के भतीजे पप्पू सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है एनडीए और महागठबंधन के नेता समेत विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आज मुजफ्फरपुर के मीनापुर में रोड शो करेंगे वहीं राजद के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज पटना के दीघा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधान सभा चुनाव पर विशेष श्रंखला के तहत एक रिपोर्ट साउंड बाईट सुनते हैं मुजफ्फरपुर जिले के पांच विधान सभा क्षेत्रों का चुनावी परिद्रश्य साउंड बाईट विधान सभा चुनाव के दूसरे चरण में तीन नवंबर को मुजफ्फरपुर जिले की पांच सीटों पर मतदान होगा मीनापुर में मौजूदा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव के विरुद्ध जनता दल यूनाइटेड के मनोज कुमार चुनावी मैदान में हैं वहीं भाजपा के बागी अजय कुमार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड रहे हैं इधर साहेबगंज सीट का चार बार प्रतिनिधित्व कर चुके राष्ट्रीय जनता दल के रामविचार राय से टक्कर लेने के लिए एनडीए ने पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है वे मुकेश सहनी के नेतृत्व वाले विकास शील इंसान पार्टी से चुनाव लड रहे हैं राजू कुमार सिंह भी तीन बार साहेबगंज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं वहीं दो बार विधायक रह चुके अजीत कुमार सिंह इस बार निर्दलीय ही कांटी से चुनावी मैदान में हैं मौजूदा विधायक अशोक कुमार चौधरी इस बार चुनावी मैदान में नहीं हैं दो अन्य सीटों पारु और वरुराज से इस बार भी भाजपा और राष्ट्री जनता दल ने मौजूदा विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी एआईएमआईएम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जन अधिकार पार्टी के चुनाव लडने से मुकाबला रोचक होने के आसार हैं आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक दूसरे चरण के चुनाव में पटना जिले का बांकीपुर विधान सभा सीट इन दिनों चर्चा में है

बांकीपुर की गिनती पूर्णतः शहरी क्षेत्र में होती है और मुख्य रुप से राजधानी पटना के केंद्रीय हिस्से आते हैं दो बार भारी मतों के अंतर से जीतने वाले भाजपा के नितिन नवीन इस बार अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से चुनावी मैदान में हैं वहीं सिनेस्टार शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर उनके विरुद्व चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं शहरी मतदाताओं पर नजर टिकाये हुए नवोदित दल प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी भी बांकीपुर का चुनावी किला फतह करने के प्रयास में हैं

इस बार लगभग चार लाख मतदाता इस क्षेत्र में मतदान कर सकेंगे कम मतदान का प्रतिशत इस क्षेत्र में हमेशा से चिंता का विषय रहा है पिछले चुनाव में चालीस प्रतिशत वोटर ही लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुए थे आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कल्पना झा चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने के वादे को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है आरटीआई कार्यकर्ता की शिकायत पर आयोग ने आचार संहिता के आठवें खंड में चुनाव घोषणा पत्र को लेकर जारी दिशा निर्देशों का हवाला देते हुये कहा कि नागरिकों के कल्याण के लिये मुफ्त टीके का वादा नियमों का उल्लंघन नहीं है चुनाव आयोग ने आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर अड़तालीस घंटे के भीतर आपराधिक मामलों के प्रकाशन समाचार पत्रों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में नहीं करने को लेकर जवाब मांगा है विधानसभा चुनाव के पहले चरण की इकहत्तर सीटों के लिये हुये चुनाव में एक सौ चार ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने एक बार भी अपने ऊपर अपराध से जुड़े मामलों को जानकारी किसी भी समाचार पत्र या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से नहीं दी है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण में आपराधिक इतिहास वाले जिन उम्मीदवारों ने एक बार भी अपने आपराधिक इतिहास संबंधी सूचना प्रकाशित और प्रसारित नहीं करायी है उनके विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी की जा रही है इधर निर्वाचन आयोग ने दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में तैनात सामान्य प्रेक्षकों को चुनाव को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया है विधानसभा चूनाव को लेकर राज्य में अब तक चूनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चार सौ तैंतीस मामले दर्ज किये गये हैं निर्वाचन विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चुनाव के पूर्व निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण को लेकर पूरे प्रदेश में चार हजार आठ सौ छियालीस लोगों के खिलाफ सीसीए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है तीन लाख उनचास हजार दो सौ तीस अपराधिक चरित्र वाले लोगों से बाँड पेपर भरवाया गया है वहीं सघन अभियान जांच के दौरान वाहन चेकिंग से उन्नीस करोड़ छत्तीस लाख सड़सठ हजार तीन सौ अस्सी रूपये की वसूली की गई है शस्त्रों के सत्यापन के दौरान एक हजार तीन सौ तीन शस्त्र जब्त किये गये हैं और तीन हजार चौंतीस लाईसेंस रद्द किये गये हैं प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर पंचानवे दशमलव आठ सात प्रतिशत हो गया है यह राष्ट्रीय औसत से चार दशमलव पांच तीन प्रतिशत अधिक है पिछले चौबीस घंटों में एक हजार एक सौ छियासी मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख सात हजार आठ सौ ग्यारह हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार आठ सौ नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या दो लाख सोलह हजार सात सौ चौंसठ हो गयी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड मृत्युदर एक दशमलव पांच प्रतिशत से कम हो गई है और इसमें निरंतर गिरावट आ रही है इस समय कोविड मृत्युदर एक दशमलव चार नौ प्रतिशत है मंत्रालय ने बताया है कि तेईस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में कोविड की मृत्युदर राष्ट्रीय औसत से कम है इन राज्यों में बिहार असम ओडिसा छत्तीसगढ आंध्र प्रदेश राजस्थान और हरियाणा शामिल हैं आज से कई नियमों में बदलाव हो रहा है इसके अंतर्गत राजधानी समेत कई ट्रेनों के टाईम टेबल में बदलाव किया गया है वहीं अब रसोई गैस के लिये उपभोक्ताओं को ओटीपी नम्बर बताने पर ही एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे इंडियन ऑयल के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब देशभर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिये सात सात एक आठ नौ पांच पांच पांच पांच पांच पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा इधर बैंकों में अब पचास करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले कारोबारियों के लिये डिजिटल पेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है केन्द्र सरकार ने आलू की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए दस लाख टन आलू का आयात करने का फैसला किया है सरकार बिना लाइसेंस के ही भूटान से तीस हजार टन आलू का आयात करेगी केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार आलू के बढ़ते मूल्य पर अंकुश के लिए कई कदम उठा रही है उन्होंने बताया कि आलू पर आयात शुल्क तीस प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत कर दिया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों के लिये परीक्षा तिथिा जारी कर दी है बोर्ड ने कहा है कि पंद्रह से तेईस दिसंबर के बीच ये परीक्षा आयोजित की जायेगी इस परीक्षा के लिये एडमिट कार्ड इस महीने के अंतिम सप्ताह में जारी किया जायेगा इधर पटना विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय में नामांकन की तिथि जारी कर दी गई है बीए बीकॉम और बीसीए में नामांकन के लिये तीस नवंबर तक आवेदन किये जा सकते हैं इसके अलावा पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी नामांकन होंगे पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है पटना सहित राज्य के दक्षिणी हिस्सों में चलने वाली उत्तरी पूर्वी हवाओं से शाम होते ही तापमान में गिरावट हो रही है मौसम विभाग ने कहा है कि शुष्क हवाओं के कारण अगले सप्ताह के बाद तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज हो सकती है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने समाप्त हो रहे दूसरे चरण के चुनाव प्रचार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है चौरानवे सीटों के लिये आज से प्रचार बंद इस चरण में एक हजार चार सौ तिरसठ उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में दैनिक जागरण की सुर्खी है आज से कई नियमों में हो रहे हैं बदलाव राजधानी समेत कई ट्रेनों का बदलेगा टाईम टेबल अब ओटीपी बताने पर ही मिलेगा एलपीजी सिलेंडर प्रभात खबर का शीर्षक है विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में डोर टू डोर कोरोना की स्क्रीनिंग दैनिक भास्कर टीकाकरण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखता है बच्चों के टीकाकरण में गुजरात से बेहतर हैं बिहार के हालात

और राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी